तीन नवम्बर को डाले जायेंगे वोट

मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों में आवश्यक दवाओं मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता बनाये रखने के भी निर्देश दिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधारों की सराहना की है उन्होंने कहा कि देश ने क्रांतिकारी बदलावों के लिए वैश्विक महामारी के बीच संरचनात्मक सुधार किए हैं कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को कल वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के सुधारों के फलस्वरूप कारोबार करना आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में छूट देने कर प्रणाली को आसान बनाने और अन्य महत्वपूर्ण बदलावों के जरिए कई सुधार किए गए हैं जिससे भारत में निवेश का सर्वाधिक अनुकूल माहौल बना है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया है श्री पासवान का कल नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया

गृहमंत्रालय ने घोषणा की है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज दिल्ली और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधे झूके रहेंगे अंतिम संस्कार के दिन संस्कार स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री पासवान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि रामविलास पासवान एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता थे भारत सरकार के मंत्री के रूप में उन्होंने हमेशा अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया वह हमेशा समाज के कमजोर और निर्धन वर्गो के कल्याण के लिए कार्य करते रहे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए कांग्रेस की निन्दा की है उन्होंने कहा कि भारत की जनता मीडिया की स्वतंत्रता पर आघात बर्दाश्त नहीं करेगी श्री जावड़ेकर की यह प्रतिक्रिया मुम्बई पुलिस के इस दावे के बाद आई है कि उसने टेलीविजन कार्यक्रमों की लोकप्रियता टीआरपी के आंकड़ों में छेड़छाड़ के आरोप में कुछ लोगों का गिरफ्तार किया है उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस भारतीय लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग और संविधान का आदर्श है श्री जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के खिलाफ मीडिया को निशाना बना रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है रिजर्व बैंक ने आज मुम्बई में अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की रिवर्स रेपो दर पहले की तरह तीन दशमलव तीन पांच प्रतिशत और रेपो दर चार प्रतिशत पर बरकरार रहेगी

मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकतानुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है क्योंकि भारतीय अर्थव्यव्सथा कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक तरलता और आसान वित्तीय शर्तों के लिए बाजार प्रतिभागियों को आश्वस्त करने के उद्देश्य से सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है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

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार इन सभी सीटों पर तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की ट्रंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट इनमें से ट्रंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी

आयोग के अनुसार बारह नवम्बर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है

अभियान के दौरान बचाव ही वैक्सीन है पर जोर दिया गया विभिन्न राजनेताओं प्रेरक लोगों गायकों और चिकित्सकों से जागरूकता की अपील जारी कराई गयी शिया धर्म गुरू मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आने वाले त्योहारों का देखते हुए कोरोना पर जागरूकता जरूरी है

महंत दिव्यागिरि ने कहा कि बचाव से ही कोरोना महामारी से सुरक्षित रहा जा सकता है

कानपुर में सांसद सत्यदेव पचौरी ने लोगों को कोरोना पर जागरूक किया

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि बिजली उपभोक्ताओं के हितों में कोई भी ढिलाई स्वोकार नहीं की जायेगी उन्होंने कहा लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी

उन्होंने कहा कहा कि अब उपभोक्ता देवभव नीति पर सभी अधिकारियों को चलना है केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के मद्देनजर मनोरजंन पार्क और ऐसी अन्य जगहों पर संक्रमण से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

मनोरंजन पार्कों में सभी प्रकार के झूलों को सेनिटाइज करना होगा और आने जाने का अलग समय रखा जाएगा थिएटर और फूड कोर्ट में कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को ही आने दिया जाएगा